यह छह स्थान हैं दिल्ली जम्मू इम्फाल पटना पुणे और बेंगलुरू इस मौके पर श्री जावडेकर ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों के महान बलिदान के बाद स्वतंत्रता मिली थी उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के जरिए लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानेंगे

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव ऐसा आयोजन है जो हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समझने और देश के लिए बलिदान देर्न वाले शहीदों को श्रद्वांजलि का अवसर देगा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के एक सौ सैंतीस गांवों के सात हजार सात सौ छियतर घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली आपूर्ति की के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई वहीं सरकारी जमीन पर घर और दुकान बनाने वालों तथा ठेला लगाने वालों को हटाया जाएगा इसके लिए उन्हें तीस दिन की मजदूरी और पांच हजार रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है इधर दूसरे प्रदेशों में राज्य मंत्रियों के इलाज पर होने वाली खर्च राज्य सरकार वहन करेगी रांची के चिरौंदी स्थित साइंस सेंटर को विकसित करने के लिए नया डीपीआर बनाने नमामि गंगे परियोजना के तहत बोकारो के फुसरो में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के पेंशनधारियों को सुविधाओं का लाभ अब वर्ष दो हजार उन्नीस की बजाय वर्ष दो हजार चार से देने समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी मंत्रिमडल ने मंजूरी दी है

इसके तहत हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस हटिया पूर्णिया स्पेशल ट्रेन हटिया इस्लामप्र और रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन शामिल है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में लगभग सात लाख तिरसठ हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे जो पिछले वर्ष की तलना में लगभग एक लाख इकतालीस हजार अधिक है मैट्टिक में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तैंतालीस हजार और इंटरमीडिएट में अंठानबे हजार परीक्षार्थी बढ गए हैं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शक्ला ने सभी सिविल सर्जन को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों अंचल पदाधिकारियों पंचायती राज जेएसएलपीएस और समाज कल्याण विभाग से समन्वय बनाकर वैसे पंचायत भवनों की सुची तैयार करने को कहा है जहां टीकाकरण के लिए कोल्ड चैन प्रशिक्षित टीकाकर्मी और पर्याप्त जगह के साथ और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं इधर दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए झारखंड में सघन कांटैक्ट ट्रेसिंग शुरू किया गया है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के संतावन नए मामले सामने आए जबकि उनसठ लोग स्वस्थ हए सबसे ज्यादा रांची में तीस पूर्वी सिंहभूम तथा रामगढ़ में छह छह बोकारो और धनबाद में चार चार सिमडेगा तथा लातेहार में दो दो और गोड़डा गुमला तथा हजारीबाग में एक एक नए संक्रमित मिले हैं पलाम पाकड गिरिडीहगढवा और खुंटी में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है फिलहाल प्रे राज्य में पांच सौ नौ कोरोना सक्रिय मामले हैं

पर्यावरण और सेहत की दु ष्टि से दोनों के लिए ये एक अनूठी पहल है पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट राज्य के सात जिलों के चौबीस प्रखंडों में मनरेगा के तहत हाई इंपैक्ट मेगा वाचरशेड प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा गुमला पश्चिमी सिंहमूम पाकुड़ साहेबगंज गोड्डा दुमका और गिरिडीह जिले के चयनित प्रखंडों में छह सौ छियानबे वाटरशेड का विकास किया जाएगा इसके माध्यम से साल में दो फसलों को उगाने की तैयारी है इस योजना से लगभग एक लाख किसानों की आमदनी को अगले चार वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य है ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बारह सिविल सोशायटी को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी

इस सम्मेलन का आयोजन नियोजन कार्यान्वयन और प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए किया जा रहा है साथ ही आगे की कार्ययोजना के बारे में यह चर्चा की जायेगी की जा रही है कि कैसे गांवों के बचे हए घरों में नल से पानी पहंचाने की सुविधा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए

इसमें उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग मिल रहा है

न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि आयोग ने सातवीं से दसवीं तक चार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीधा का निर्धारण करने के लिए एक अगस्त दो हजार सोलह निर्धारित किया है जबकि छठी सिविल सेवा परीक्षा में कट ऑफ डेट एक अगस्त दो हजार दस था ऐसे में कट ऑफ डेट को पांच साल बढ़ाने से हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो गए हैं इस वजह से कट ऑफ डेट का निर्धारण एक अगस्त दो हजार ग्यारह किया जाए

शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को अभियान की तैयारियों से संबंधित रिपोर्ट भेजने को कहा गया है इस अभियान के तहत लगभग दो लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकर ने कहा कि गर्मी में लोगों को पेयजल की किल्लत नहीं हो इसके लिए विभाग द्वारा तैयारियां जोरशोर र्स चल रही है उन्होंने चाईबासा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य की लगभग चार हजार चार सौ पंचायतों में पांच पांच चापानल लगाए जाएंगे इसके अलावा खराब चापानलों की मरम्मत कराई जाएगी

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा की ओर से वर्च्अल और फिजिकल दोनों तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा

इस मौके पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित योग्य लोग भी आवेदन दे सकते हैं साहिबगंज जिले के जीरवाबाडी ओपी क्षेत्र रिथत महादेवगंज में एक अवैध पत्थर खदान से कल विस्फोटक के साथ पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

रांची जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों के बीच ग्रीन कार्ड वितरित करने का कार्य शुरू हो गया है सभी अंचल कार्यालयों में वार्ड पार्षद और जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्रीन कार्ड का वितरण किया जा रहा है